आज राज्यसभा में केन्द्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हये श्रीमती सीतारमन ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया है कि आकाशवाणी का कोई भी केन्द्र बंद नहीं किया जायेगा हरियाणा में आज अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले चार हज़ार कोरोना योद्धाओं को कोविड वैक्सीन दी गई

केन्द्रीय वितत मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि केन्द्र सकरार देश के किसानों और कामगारों के विकास के लिए प्रतिबदध है आज राज्यसभा में केन्द्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हये श्रीमती सीतारमन ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है

उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किये गये प्रावधान सतत विकास संरचना के लिए मार्ग प्रशस्त करने में केन्द्र सरकार की मदद करेंगे वित्त मंत्री ने कहा कि बजट लंबे समय के विकास मॉडल और प्रोत्साहन पैकेज का सुमेल है

उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल एवं प्रणाली सुजित करने की जरूरत है जिनमें देश के य्वाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाकर उनकी भागीदारी को बकाया जा सके

वित्त मंत्री के जवाब देने के बाद बजट सत्र का पहला चरण समाप्त् हो गया

बजट सत्र का अगला चरण आठ मार्च से शुरू होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जवाड़ेकर ने कहा कि आकाशवाणी का कोई भी केन्द्र बंद नहीं किया जायेगा और न ही किसी की क्षमता घटाई जायेगी

उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान रेडिो प्रसारकों ने बह्त जागरूकता फैलाई है

एहतियात के तौर पर इस वर्ष सीधे प्रवेश नहीं दिया जायेगा आगन्त्कों को केवल अग्रिम ऑन लाइन ब्किंग के माध्यम से ही गार्डन देखने की अन्मति होगी आगंत्को को कोविड दिशा निर्देशों का पानन करना होगा

केन्द्रीरय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने कहा है कि अयोध्या में बनाये जाने वाले राम मंदिर के निर्माण का विश्व में ऐतिहासिक महत्व है लोग बढ़ चढ़ कर धनराशि का दान करके अपना योगदान दे रहे है

इस मौके पर दान देने वाले ग्रूप के अध्यक्ष के सी लखानी नगर निगम के उप महा पौर मनमोहन गर्ग भी उपस्थित रहे

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा के गन्ना उत्पादकों का चीनी मिलों द्वारा पिछले कई माह से भ्गतान नहीं किया गया जिसके कारण गन्ना उत्पादकों को परेशानी हो रही है उन्होंने सरकार से किसानों के चीनी मिलों की तरफ बकाया भ्गतान ब्याज सहित करने की मांग की है चंडीगढ़ में जारी एक बयान में उन्होंने प्रत्येक चीनी मिल दवारा अब तक किये गये भुगतान का विवरण देते हये कहा कि चीनी मिलों की तरफ किसानों का करोड़ो रूपाया बाकी है कुमारी शैलजा ने कहा कि गन्ना किसानों की लागत कई ग्णा बढ़ गई है लेकिन गन्ने की कीमतों में बह्त कम वृद्धि हुई है

बोर्ड अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह ने बताया कि इन परीक्षाओं से सम्बन्धित नया तिथि पत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा उन्होंने छात्र अध्यापकों को परीक्षा से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी के लिए बोर्ड की वैबसाईट पर लगातार अवलोकन करते रहने को कहा है हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो बृज किशोर क्ठियाला ने कहा है कि प्राध्यापकों को पढ़ने पढ़ाने की जगह सीखने की नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है सिरसा में चौधरी देवी लाल विश्वविदयालय में उन्होंने कहा कि भारत केन्द्रित नई शिक्षा नीति यह अवसर उपलब्ध कर रही है पहली बार नई शिक्षा नीति में आत्मनिर्भरता के लिए योजनायें बनाने का उल्लेख किया गया है

भर्ती के पहले आवेदेन किये गये थे जल्द ही भरती की तिथि घोषित की जायेगी उम्मीदवारों को ई मेंल के माध्यक से प्रवेश भेजे जायेंगे उन्होंने बताया कि भर्ती में आने वाले युवकों को अपने साथ्ज्ञ मुल प्रमाण पत्र लेकर आना होगा